सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्रीमंडल के फैसलों की जानकारी दी

इसमें जम्मू कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा केंद्रीय मंत्रीमंडल ने किसानों को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी में भी बढ़ोतरी की है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

मौखिक लिखित या किसी अन्य माध्यम से कोई पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा तीन तलाक देने पर पत्नी खुद या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे इस विधेयक में ये प्रावधान भी है कि अपराधी को जमानत देने से पहले मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला की सुनवाई करेगा जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है अगर वह मजिस्ट्रेट से मुकदमा वापस लेने का अनुरोध करती है और मजिस्ट्रेट उसे स्वीकृति दे देता है तो मुकदमा वापस लिया जा सकता है विधेयक के अंतर्गत पीड़ित मुस्लिम महिला स्वयं और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं के एक समूह ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इन महिलाओं को सम्बो धित किया उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण तीन तलाक पर प्रतिबंध नहीं लगाया उन्होंने कहा कि अधिकांश मुस्लिम देशों ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में विधेयक के पारित होने को नारी शक्ति की जीत बताया है और कहा है कि इससे समाज में और समानता आयेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ लंबे समय से जो गलत होता आ रहा था उसे अब दुरूस्त कर दिया गया है एक पुरानी और मध्यकालीन प्रथा का अंत हो गया है उन्होंने कहा कि यह उन मुस्लिम महिलाओं के साहस को सलाम करने का अवसर है जिन्होंने तीन तलाक की कुप्रथा के कारण तमाम तकलीफें सही हैं

उधमसिंह नगर जिले की मुस्लिम समाज की महिलाएं बेहद खुश हैं मुस्लिम महिलाओं ने एक दूसरे से अपनी खुशी बांटी काशीपुर निवासी शायरा बानो ने इस विधेयक को मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए बेहद हितकारी बताया

जिसके बाद रिजवान अहमद ने स्पीड पोस्ट से शायरा बानो को तलाक का पत्र भेज दिया इस मामले में हक्के जोजियत का मुकदमा भी दर्ज किया गया था शायरा बानो के दोनों बच्चे पिता की कस्टडी में हैं

इसके बाद केस इलाहाबाद और फिर सुप्रीम कोर्ट में चला था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पक्ष में आने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाने की पहल की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने तीन तलाक बिल पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे नये भारत के निर्माण की शुरूआत बताया उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होगा स्लग खाद्य सुरक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए प्रभावी प्रयासों की जरूरत है देहरादून में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की चेयरमैन रीता तेवतिया से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी रोकने के लिए जन जागरूकता के साथ ही कार्यशालाएं आयोजित की जानी जरूरी है इस सबंध में फूड सेफ्टि मैजिक बॉक्स काफी कारगर साबित हो सकता है उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ऊर्जा योजना के तहत पौष्टाहार वितरित किया जा रहा है इसमें अनेक पौष्टिक तत्व उपलब्ध हैं इस दौरान भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की चेयरमैन ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसमें खाद्य पदार्थों का सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूकता जरूरी है फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की जा सकती है उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा आम आदमी के स्वस्थ जीवन से जुड़ा विषय है इस दिशा में एहतियात बरतना जरूरी है

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को होम स्टे के लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने के निर्देश दिये हैं मुख्य सचिव ने देहरादून में पर्यटन विभाग द्वारा चलायी जा रहे विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारियों के माध्यम से लोगों को होम स्टे योजना के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने अगली चारधाम यात्रा के लिए शौचालय और पार्किंग व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश भी दिये

उन्होंने बताया कि कद्दूखाल सुरकंडा रोप वे नवंबर तक बन कर तैयार हो जाएगा

प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्रिकाओं के बारे में भी अद्यतन जानकारी मिलेगी इस वेबसाइट पर विक्रय के लिए सभी पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी सूचना और प्रसारण मंत्री ने डिजिटल डी पी डी नाम से प्रकाशन विभाग का एक मोबाइल एप भी शुरू किया इससे ई पुस्तकों की नकल रोकने में मदद मिलेगी

कल कुछ जिलों में रातभर बारिश हुई जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ

सड़क बंद होने से कई वाहन फंस गए लगातार मलबा गिरने से मार्ग खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी जिले के विभिन्न सम्पर्क मार्ग भी मलबा आने से बाधित हुए लगातार बारिश से नदी और नालों का भी जलस्तर बढ़ गया है

इसे अब अब खोल दिया गया है और यातायात सुचारु हो गया है

इसी क्म में आज जिलाधिकारी ने फैक्टरी का औचक निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि फैक्टरी के जरिए अनेक बुनकर अपनी आजीविका चलाते हैं हालांकि वर्तमान में इस फैक्टरी में प्रगति नहीं होने के कारण इसे भी ग्रोथ सेन्टर से जोड़ने का निर्णय लिया गया है जिलाधिकारी ने कहा कि फैक्टरी के उत्पादों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्ययोजना बनायी जायेगी ताकि उत्पादों को व्यापक प्रचार प्रसार हो सके साथ ही फैक्टरी के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा संक्षिप्त समाचार उच्चतम न्यायालय ने देश में ओला और उबर जैसे एप आधारित टैक्सी सेवाओं को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार से उचित कदम उठाने को कहा है

अभियान के तहत अनगिनत बीज बम स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों द्वारा चयनित स्थानों पर डाले गए बागेश्वर में जिलाधिकारी ने आज मोहन सिंह मेहता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ का औचक निरीक्षण किया